उन्होंने गूजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की भी शुरूआत की जिसके तहत सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध होगी श्री मोदी ने अहमदाबाद में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्डियोलोजी एण्ड रिसर्च सेंटर से संबध बाल हृदय अस्पताल का उद्घाटन भी किया उन्होंने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में टेलीकार्डियोलोजी के लिए एक मोबाइल ऐप की शुरूआत भी की प्रधानमंत्री ने गिरनार में रोपवे का उद्घाटन भी किया जिससे पर्यटक और श्रद्वालु केवल साढ़े सात मिनट में माउंट गिरनार पहुंच सकेंगे

उधर होशंगाबाद जिले में कोरोना पॉज़िटिव मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मोहित बुंदस ने बताया कि इसमें जागरूकता वाहन ऑटो रिक्शा दीवार लेखन पलेक्स होर्डिंग एवं अन्य प्रचार प्रसार की साप्ताहिक गतिविधियां शामिल हैं आगर मालवा में जिला प्रशासन द्वारा जनपद पंचायत परिसर में मतदाताओं को जागरुक करने के लिए सेल्फी पाइण्टी बनाया गया है गुना जिले की बमोरी में भी रांगोली नाटक मंचन और चौपालों के जरिए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है

महाष्टमी नौ दिनों से चल रहे शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि का आज आठवां दिन महाअष्टमी का पर्व प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाअष्टमी पर लोगों को बधाई देते हुए उनकी खुशहाली की कामना की हैं कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए लोग मंदिरों और झॉकी स्थलों पर विशेष हवन पूजन कर रहे हैं